आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा समाज परिवर्तन से होगा देश परिवर्तनगुणवत्ता वाला समाज बनाना है संघ का लक्ष्य प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी हुईमौसम विभाग ने आज और कल भारी हिमपात की चेतावनी जारी की

उन्होंने जुनियर ट्रैफिक फोर्स की पहल को सराहा और इस फोर्स में शामिल होने वाले बच्चों को बधाई दी मुख्यमंत्री ने कहा कि द्र्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है यातायात के नियमों का उल्लंघन कमजोर मानसिकता का परिचायक है

उन्होंने पूलिस से अपील की कि सबसे पहले खूद ट्रैफिक नियमों का पालन करें इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यातायात निदेशालय द्वारा ट्रैफिक नियमों पर बनाये गये ऑडियो वीडियो का विमोचन भी किया

पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी

वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट के लिए केंद्र की संस्तृति मिल गयी है जिसके बाद बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है साथ ही उन्होंने बताया कि बजट में राज्य की आर्थिकी वित्तीय संतुलन के साथ ही आम जनता की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है पंत ने बताया कि बजट में राज्य की आम जनता के साथ ही किसान मजदूर बेरोजगारों महिलाओ और युवाओ को राहत देने का काम किया जायेगा और जो बजट पेश किया जायेगा वह सर्वोत्तम होगा

सहकारिता विभाग के मुताबिक राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत बहउदेश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुद्रढ़ीकरण और डिजिटाईजेशन किया जाएगा इन समितियों के माध्यम से छोटी छोटी जोत के किसानों के साथ ही बंजर भूमि को शामिल करते हुए क्लस्टर आधार पर सामूहिक खेती की जाएगी एम पैक्स को ही खरीद केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा जहां स्थानीय उत्पादों के भण्डारण और खरीद की व्यवस्था होगी राज्य की निष्क्रिय क्रय विक्रय सहकारी समितियों को प्नर्जीवित किया जाएगा विभाग के अनुसार परियोजना से किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा बंजर और अनुपयोगी कृषि भूमि का उपयोग हो सकेगा ग्रामीणों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना पर्यटन और होम स्टे से रोजगार सुजन भी योजना में शामिल किया गया है

मुख्यमंत्री ने सहकारिता कृषि उद्यान द्रग्ध मत्स्य पश्पालन सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ काफी मंथन के बाद इस योजना को मंजूरी दी इसमें केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है सहकारिता के माध्यम से इस प्रकार की समेकित विकास परियोजना शुरू करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा मुख्यमंत्री ने योजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन का आभार व्यक्त किया है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजने पर केंद्र सरकार ने तत्काल इसे मंजूरी दी

मंगलवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा कोष प्रबन्धन समिति की बैठक में इस धनराशि से होने वाले विभिन्न कार्यों और जनजागरूकता कार्यक्रमों पर बातचीत हई बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दर्घटनाओं के कारणों का शोधार्थियों से शोध कराने और दुर्घटनाओं को र्रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये उन्होंने शिक्षा विभाग को स्कूल में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिये

चंपावत जिले में भी इसके लिए तैयारियों की जा रही है

जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आरपीखण्ड्ड़ी ने बताया कि इसके लिए सभी विभागों के सहयोग से कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा हैं ताकि कोई बच्चा न छूटे

एक कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अधिकारीयों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी संस्कृति से हिन्दू हैं गौतम बुद्ध गुरु नानक महावीर स्वामी की भाषाएं अनेक होने पर भी सब हिन्दू समाज के एक ही घटक हैं

उन्होंने कहा कि सबको अपने परिवार में राष्ट्रभाषा मातुभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए उन्होंने कहा कि समाज में एकता के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए देश के लिए कार्य करने का निश्चय किया था उन्होंने कहा कि देश में गुणवत्ता वाला समाज बनाना संघ का लक्ष्य है संघ को समझने के लिए संघ के भीतर ही रहकर समझा जा सकता है उन्होंने कहा कि संविधान में समानता समरसता और नागरिक के कर्तव्यों की चर्चा की गई है और संघ का मूल काम नागरिकों के कर्तव्यों का जागरण करना है उन्होंने बताया कि संघ में जाति और भाषा के आधार पर भेद नहीं है संघ की भाषा शांति की है और समाज को मजबूत बनाना लक्ष्य है

इसके लिए वनवासी कल्याण आश्रम और अन्य सामाजिक संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा कार्य का विस्तार हो रहा है और वहां लोगों के अंदर जागरूकता संघ का मूल उद्देश्य है उन्होंने कहा कि शाखाओं के माध्यम से सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जातिगत संघर्ष न हो और आपस में समानता बनी रहे इसके लिए सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की जरूरत है गौरतलब है कि श्री भागवत चार दिवसीय देहरादून दौरे पर हैं

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि नॉर्वे का एक्वा कल्चर ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन टेक्नोलॉजी में बड़ा नाम है उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड इन्वेस्टर फ्रेण्डली स्टेट है और यहां निवेशकों के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम संचालित किया जा रहा है राज्यपाल ने कहा कि नॉर्वे की कम्पनियों के लिए फिशरीज जल विद्यत सौर ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में निवेश के लिए अच्छा माहौल है राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां लाई गई हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखण्ड और नार्वे के संबंधो को बढ़ावा मिलेगा वहीं नॉर्वे के राजदूत ने कहा कि भारत और नॉर्वे के व्यापारिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं पहले महाराष्ट्र और गुजरात में केन्द्रित रहने वाली नॉर्वे की कम्पनियों ने अब उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में भी रूचि दिखानी शुरू कर दी है

उन्होंने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया और आई आईटी रूड़की के साथ नॉर्वे का शोध गुणवत्ता के क्षेत्र में समझौता भी है

स्लग मौसम राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की सूचना है बदरीनाथ हेमकुंड साहिब औली फूलों की घाटी और केदारनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है कुमाऊं मंडल में चंपावत में दिनभर बादल छाए रहे और ब्रंदाबांदी हुई बागेश्वर और अल्मोड़ा में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट आई है इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है विशेषकर ब्धवार और ग्रुवार को पर्वतीय क्षेत्रों में दो हजार मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में भारी हिमपात हो सकता है मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर शासन ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण अगले तीन दिन मौसम संवेदनशील रह सकता है